इनमें सिर्फ उन्सठ मिनट में एक करोड़ रूपए तक के ऋण की मंजूरी सहित कई अन्य उपाय शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार सुजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और देश के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है नई दिल्ली में इस क्षेत्र के लिए सरकार की समर्थन और सपर्क पहल का शुभारम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अब क्ल खरीद का पचीस प्रतिशत सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र से करना अनिवार्य होगा श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी कंपनिर्या के लिए सरकार के खरीद पोर्टल ई मार्केट प्लेस जीईएम में अंशदान जरूरी होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है उत्तराखंड के हरिद्वार में पातंजलि योगपीठ में दो दिन के ज्ञान कुंभ के उद्घाटन अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रिष्टाचार के नियम अपनाने और उनके चरित्र निर्माण में भी योगदान करें राष्ट्रपति ने केन्द्र के सहयोग से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भूमिका की सराहना की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत उच्चतर शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत और स्वामी रामदेव इस अवसर पर मौजूद थे केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम लोगों को सशक्त बना रही है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास और समावेशन पर कम खर्च आता है नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितान कांत ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होती है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज रामपुर में लोक निर्माण विमाग की मंडल स्तरीय विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया इस दौरान जिले के महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि जनता के हित में कई योजनाओं और अध्रे कार्यो को पूरा किया जा रहा है उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हए कहा कि सरकार समी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रही है

राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दीपावली पर बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा दिया है बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ पाने वालों में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी शामिल है पहली जुलाई से इक्तीस अक्टूबर तक दिये जाने वाले बढ़े डीए का भुगतान जीपीएफ में होगा नवम्बर के डीए का भुगतान वेतन के साथ एक दिसम्बर को मिलेगा बोनस और डीए पर सरकार को एक हजार सात सौ सत्तावन करोड़ पच्चीस लाख रूपये का अतिरिक्त खर्च करने होंगे वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के लिए तीस दिन के वेतन के आधार पर तय किया गया है सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मियों को एक जुलाई से नौ फीसदी डीए मिलेगा वर्तमान में उन्हें सात फीसदी डीए मिल रहा है वहीं छठे वेतनमान वालों को एक सौ अड़तालीस प्रतिशत और पांचवां वेतनमान वाले कर्मियों को दो सौ चौरासी प्रतिशत डीए मिलेगा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि यूपी एटीएस के द्वारा मियामी एयरपोर्ट पर हमले की धमकी देने वाले जालौन के युवक के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जा रही है लखनऊ में आज आयोजित प्रेसवर्ता में उन्होंने बताया कि इस युवक ने अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी श्री सिंह ने कहा कि लोग सुरक्षित इंटरनेट व्यवहार के लिए सजग रहे उन्होंने कहा कि अट्टारह वर्ष की उम्र के इस युवक की यह करतूत लोगों को यह सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि आज कम उम्र के बच्चे किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को अकेले में कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन का इस्तेमाल न करने दें और सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से भी दोस्ती न करने दें ई बैंकिंग संबंधित लेन देन स्वयं करें बच्चों को न दें